पर्यावरण दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है विश्व पर्यावरण दिवस पर आज श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास का आह्वान किया वहीं केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर नगर वन कार्यक्रम का श्भारंभ किया

इधर प्रदेश में भी पर्यावरण दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं अनूपपुर जिले के अमरकंटक में केन्द्रिय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नर्मदा तट पर पौध रोपण किया भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय के नवीन भवन के पास बने उद्यान परिसर में पौधे लगाए इस मौके पर श्री चौहान ने लोगों से कम से कम एक पेड़ लगाने की अपील की

जैव विविधता के संरक्षण पर केन्द्रित थीम टाईम फॉर नेचर के दृष्टिगत कार्यक्रमों का ऑनलाइन और ऑफ लाइन आयोजन हुआ

छतरपुर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांश् चंद्र ने जिले की देवगांव ग्राम पंचायत में पहुंचकर मनरेगा के तहत स्वीकृत कराए गए वृक्षारोपण कार्य में पौधे लगाए उधर बड़वानी में पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर एवं अधिकारियों द्वारा पौध रोपण किया गया देवास जिला मुख्यालय स्थित मलहार स्मृति मंदिर परिसर में कई लोगों ने पौधे रौपें

वहीं इनमें से पांच हजार आठ सौ से ज्यादा लोग स्वस्थ्य होकर घर लौट चुके हैं

रतलाम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई गर्भवती महिला ने जिला चिकित्सालय में बच्चे को जन्म दिया चिकित्सकों ने ऑपरेशन के दौरान संकमण रोकने के लिये पूरी प्रकिया अपनाई

उधर सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में उपचाररत सभी मरीजों के स्वस्थ होने पर आज उन्हें छुट्टी दे दी गई

सीहोर में आज कोई नया मरीज नहीं मिला

उधर धार में आज एक नये मरीज का पता चला है

पन्ना में पांच मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे

अनाज भीगा प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो रही बारिश के कारण किसानों से खरीदे गए गेहूं के भीगने की आशंका ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है

वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति मन्त्री गोविन्द राजपूत ने भी माना कि बारिश से कुछ स्थानों पर गेंहू भीगा है सागर में आज उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गेंहू का उत्पादन ज्यादा हुआ है जिससे भंडारण में असर पड़ा है

वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर रीवा शहडोल सागर होशंगाबाद ग्वालियर और भोपाल संभागों में अधिकांश स्थानों पर इंदौर और उज्जैन संभागों में अनेक स्थानों पर तथा चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई आज भी राजधानी भोपाल में दोपहर बाद तेज बारिश हुई वहीं सीहोर में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया

वहीं एक युवती घायल हो गई

यहा उन्होंने सीहोर इछावर लाडकुई और नसरूल्लागंज कृषि उपज मंडियों का दौरा कर किसानों की समस्याए सुनी